दूसरे चरण के लिए नामांकन कार्य ने गति पकड़ी

कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता चुनावी सभा और वर्चुअल रैली के माध्यम से प्रचार कार्य में जुट गये हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल संवाद के माध्यम से प्रचार किया श्री कुमार आज चार विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत कर दी है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड़डा कल सासाराम में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में रैली को संबोधित करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इक्कीस अक्टूबर को वर्चुअल रैली करेंगे उधर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान इक्कीस अक्टूबर से चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत करेंगे चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुये कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य में कानून का राज स्थापित करने का हर सम्भव प्रयास किया उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़ा है भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में लोजपा एनडीए का हिस्सा नहीं है उन्होंने कहा कि गैर एनडीए दलों द्वारा प्रधानमंत्री के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोसड़ा मे कहा कि बेरोजगारी अपराध भ्रष्टाचार और पलायन चुनाव का सबसे बडा मुद्दा है राज्य सरकार इन समस्यों का समाधान करने में विफल रही है हम के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए के कार्यकाल में बिहार में तेजी से विकास हुआ है सीपीएम के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने दावा किया कि चूनाव में महागठबंधन को भारी सफलता मिलेगी जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्प् यादव ने कहा है कि च्रनाव के बाद अगर उनकी सरकार बनती है तो वे बेरोजगारी दूर करने के लिए काम करेंगे उन्होंने कहा कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता का मूल्य संर्वधन किया जायेगा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कल तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव भी तीसरे चरण के साथ ही कराया जायेगा तीसरे चरण के लिए बीस अक्टूबर तक नामांकन के पर्चे दाखिल किये जा सकेंगे इस चरण के लिए मतदान सात नवम्बर को होगा उधर दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया में तेजी आ गयी है सभी दलों ने इस चरण के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है दूसरे चरण में नामांकन के लिए अब दो दिन शेष रह गये हैं इस चरण में अब तक एक सौ अठासी लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया प्रमुख प्रत्याशियों में पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कला और संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह और राजद नेता तेज प्रताप यादव ने अपने नामांकन दाखिल किये आकाशवाणी के पटना केन्द्र ने राज्य के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार के लिए समय आवंटित कर दिया है राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में लॉटरी का आयोजन कर चुनाव प्रचार के लिए समय का आवंटन किया गया है इसके तहत भाजपा कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल जदयू सीपीआई लोजपा रालोसपा बसपा एनसीपी तृणमूल कांग्रेस और एनपीपी को सभी तीनों चरणों के लिए चुनाव प्रसारण समय का आवंटन किया गया है गौरतलब है कि इस बार चुनाव आयोग ने आकाशवाणी और द्रदर्शन पर चुनाव प्रचार की मूल अवधि को पैंतालीस मिनट से बढ़ा कर नब्बे मिनट कर दिया है निर्वाचन आयोग ने चूनाव के दौरान धन के द्रूपयोग के लिहाज से संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों में खर्च पर नजर रखने वाली टीम में तैनाती कर दी है प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखने के लिए उड़नदस्ता और निगरानी टीम गठित की गयी है चुनाव आयोग ने इसके अतिरिक्त भी उम्मीदवारों के खर्चों पर नजर रखने के लिए कई स्तरों पर निगरानी की व्यवस्था की है दालों की कीमतों से संबंधित खूदरा हस्तक्षेप योजना के तहत बिहार समेत आंध्र प्रदेश केरल महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों ने एक लाख मीट्रिक टन से अधिक तुअर दाल की आवश्यकता जताई है निकट भविष्य में और राज्य भी इसकी मांग कर सकते हैं दालों की खूदरा कीमतों को कम करने की दिशा में उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने पिछले महीने नाफेड के माध्यम से सुरक्षित भंडार से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दालों की आपूर्ति करने के लिए एक व्यवस्था श्रु की थी इसका सकारात्मक असर देखा जा रहा है राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट आज उन विद्यार्थियों के लिए फिर आयोजित की जा रही है जो पिछले महीने हुई परीक्षा में कोविड प्रतिबंधों के कारण शामिल नहीं हो सके थे पुनर्परीक्षा आज दिन के दो बजे और शाम पांच बजे आयोजित की जाएगी उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने पुनर्परीक्षा का आयोजन किया है तेरह सितम्बर और आज आयोजित परीक्षा का संयुक्त परिणाम सोलह अक्तूबर को घोषित किया जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा दो हजार बीस में जो उम्मीदवार कोविड उन्नीस से संक्रमित होने के कारण शामिल नहीं हो पाए थे वे दो हजार इक्कीस में इसे फिर से दे सकते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने कोविड उन्नीस से ग्रस्त होने पर दाखिला परीक्षा में शामिल न हो पाने वाले उम्मीदवारों को एक और अतिरिक्त प्रयास की अनुमति देने का फैसला किया और अब बात कोरोना के खिलाफ जनआंदोलन की

मास्क लगाएं क्योंकि मास्क लगाने से इंफेक्शन फैलने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है दो गज की दूरी रखें और अपने हाथ को बार बार साफ करे साबुन से इसी बात का हम ध्यान रखेंगे उसी बहुत उम्मीद है कि हम अपने आप को इंफेक्शन से बचाएंगे केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में इस समय कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बासठ लाख से अधिक है

भारत में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर विश्व में सबसे अधिक छियासी दशमलव सात आठ प्रतिशत है नई दिल्ली में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि भारत में वर्तमान समय में रोगियों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है

प्रदेश में अब तक एक लाख छियासी हजार छह सौ तेईस कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव एक पांच प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि एक दिन में एक हजार तीस रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी वहीं इसी अवधि में छह मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर नौ सौ इकसठ हो गयी है

ये विशेष रेलगाड़ियां बीस अक्टूबर से तीस नवम्बर के बीच चलाई जायेंगी रेल मंत्रालय ने कहा है कि इन त्योहार विशेष रेलगाड़ियों का किराया मौजूदा विशेष रेलगाड़ियों के किराए के बराबर होगा ये सभी ट्रेनें सुपरफास्ट होंगी वहीं पूर्व मध्य रेलवे इस दौरान तिरपन जोड़ी विशेष ट्रेन चलायेगा सारण जिले के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने मोटरसाईकिल सवार दो लोगों को बत्तीस लाख रुपये के साथ गिरफ्तार कर लिया यह बरामदगी वाहन चेकिंग के दौरान हुई भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाईकिल सवार एक व्यक्ति के पास से तीन लाख सत्ताईस हजार रुपये बरामद किये वहीं जिले के जीरोमाइल थाना क्षेत्र से एनसीबी की टीम ने सैंतीस क्विंटल गांजा के साथ दो तस्कर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया कैमूर जिले के अघौरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने भाकपा माओवादी के एक नक्सली को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में जदयू की कार्रवाई को प्रमुख सुर्खी बनाते हुये लिखा है जदयू में भगवान और पहलवान समेत पन्द्रह नपे दैनिक जागरण ने सर्वोच्च न्यायालय की उस टिप्पणी को शीर्षक बनाया है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि लंबित मामलों में मीडिया की टिप्पणियां नुकसानदायक इसी अखबार की एक अन्य सुर्खी है चीन ने फिर बढ़ाया तनाव दिया विवादित बयान दैनिक भास्कर ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन के कोरोना वायरस से ज़ुड़े बयान को शीर्षक बनते हुये लिखा है नये साल की श़ुरूआत में देश में एक से ज्यादा वैक्सीन होंगी

दूसरे चरण के लिए नामांकन कार्य ने गति पकड़ी